प्रधानमंत्री ने क़रूक्षेत्र से डिजीटल माध्यम से बा सा में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और फरीदाबाद में बने कर्मचारी राज्य बीमा निगम मैडीकल कालेज और अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया

हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनैक्शन देने के साथ छूट गए पात्र परिवारों के लिये एक प्रस्कार योजना भी श्रू की है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि क्रूक्षेत्र कर्मज्ञान और धर्म की भ्रमि है

प्रधानमंत्री ने क्रूक्षेत्र में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम की श्रूआत के बाद जन समूह को सम्बोधित कर रहे थे समारोह में देश भर से लगभग डेढ़ लाख महिलायें शामिल थी प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम के साथ तकनीक के कारण भी हज़ारों लोग ज्ड़े है उन्होंने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण नाईजीरिया के लोग स्वच्छता कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर स्टडी टूर पर आये है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धरती से जो भी कार्य शुरू किया गया है वोह अपने मुकाम तक पहुंचा है प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश की महिलायें सशक्त होगी वह देश भी सशक्त होगा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू की गई योजनाओं के लिये सराहना की और उन्होंने विभन्न गांवों में शौचालयों को संदर रूप देने के लिये की गई चित्रकारी को भी सराहा कार्यक्रम में इससे पहले प्रधानमंत्रीका स्वागत करते हये म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरूक्षेत्र की भूमि देश विदेश को संदेश देने वाली भूमि है जिस प्रकार यहां से भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया गीता संदेश विश्व के लिये प्ररेणा बन गया हैउसी प्रकार स्वच्छता का ये संदेश भी देश व विश्व में पहंचेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही ओडीएफ प्लस बनाया जायेगा और अगली बार स्वच्छ भारत अभियान में प्रदेश का कोई न कोई जिला पहले दस स्थानों में आवश्य आयेगा इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने क्रूक्षेत्र को देवी शक्ति भद्रकालीकी भूमि बताते हये कहा कि यहां से स्वच्छता को लेकर महिलाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा मंत्री ने बताया कि सरकार का ध्येय स्वच्छता के ध्येय की प्राप्ति के बाद निम्रल भारत बनाने का है इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा भी उपस्थित थी कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यदेव नारायाण आर्य ने स्वच्छ भारत संकल्प से सिदवि नामक प्स्तक का ई विमोचन भी किया और इसकी पहली प्रति प्रधानमंत्री को भैंट की हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने इस कार्यक्रम को सम्बोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हरियाणा के कुरूक्षेत्र में विभन्न विकास परियोजनाओं का श्भारंभ और नींव पत्थर रखा श्री मोदी ने झज्जर जिले के बा सा में बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया ये संस्थान एम्स झज्जर में बनने वाला सबसे बणिया कैंसर उपचार और शोध केन्द्र होगा

श्री मोदी ने फरीदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निमग मैडिकल कालेज और अस्पताल का उदघाटन भी किया

प्रधानमंत्री ने पंचकुला के माता मनसा देवी परिसर में राष्ट्रीय आय्र्वेद संस्थान की आधारशिला रखी ये संस्थान आय्र्वेदिक उपचार शिक्षा और शोध के लिये एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान होगा

ये भारतीय चिकित्सा पदवति से सम्बधित अपने प्रकार का हरियाणा और भारत में पहला विश्वविद्यालय होगा उन्होंने करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविदयालय की आधारशिला रखी इस अवसर पर पानीपत में बनाये जाने वाले पानीपत य्दव संग्रहालय की भी आधारशिला रखी ये संग्रहालय पानीपत की विभन्न लडाईयों में मरने वाले वीरों के प्रति श्रदवाजंलि होगी कुरूक्षेत्र पहंचने पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रदर्शनी भी देखी

केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येस्सों नाईक ने कहा है कि देश में आय्ष एवं योगा के क्षेत्र में आपार संभावनायें बढ़ी है और उससे बेहतर इलाज होता है आयूष अन्संधान के लिये विदेशों से भी एमओयू पेशकश आ रही है जिससे शोध में ओर बेहतर अवसर मिलेंगे केन्द्रीय आयुष मंत्री माता मनसा देवी परिसर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे इस संस्थान का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुरूक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में डिजीटल लिंक के माध्यम से किया

विदेश मंत्री स्षमा स्वराज ने कहा है कि आबू धाबी में न्यायालयें में हिन्दी को एक सरकारी भाषा घोषित करने से भारतीय प्रवासी के लिये न्याय प्रणाली को समझना सुलभ हो जायेगा

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदमकद चित्र का अनावरण किया इस अवसर पर उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद कई केन्द्रीय मंत्री और पार्टियों के नेता मौजूद थे

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा देश का वह पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं जहां सब घरों में एलपीजी गैस कनैक्शन उपलब्ध होंगे